राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई

वहीं कई नए चेहरों को भी मंत्रिमंडल में जगह दी गई है

मंत्रिपरिषद में जिन लोगों को कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई उनमें राजनाथ सिंह अमित शाह नितिन गडकरी डीवी सदानन्द गौड़ा निर्मला सीतारामन रामविलास पासवान नरेन्द्र सिंह तोमर रविशंकर प्रसाद हरसिमरत कौर बादल थावर चन्द गहलोत डॉएसजयशंकर डॉ रमेश पोखरियाल निशंक अर्जुन मुंडा स्मृति ईरानी डॉ हर्षवर्धन प्रकाश जावड़ेकर पीयूष गोयल धर्मेन्द्र प्रधान मुख्ताश्र अब्बास नकवी प्रहलाद जोशी महेन्द्र नाथ पांडेय अरविन्द् सावंत गिरिराज सिंह और गजेन्द्र शेखावत शामिल हैं संतोष कुमार गंगवार राव इन्द्रजीत सिंह श्रीपद नाईक डॉ जितेन्द्र सिंह किरेन रिजिजू प्रहलाद सिंह पटेल आरके सिंह हरदीप पुरी मनसुख मंडाविया को स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई फग्गन सिंह कुलस्ते अश्वनी चौबे अर्जुन मेघवाल जनरल वीके सिंह कृ ष्णपाल गूर्जर दानवे रावसाहेब दादाराव जी किशन रेड्डी प्रुषोत्तम रूपाला रामदास आठवले साध्वी निरंजन ज्योति बाबुल सुप्रियो संजीव बालियान संजय श्यामराव धोत्रे अनुराग ठाकुर सुरेश अंगाडी नित्यातनंद राय रतन लाल कटारिया वी मुरलीधरन रेनुका सिहं सोम प्रकाश रामेश्वर तेली प्रताप चन्द्र सारंगी कैलाश चौधरी और देबश्री चौधरी उन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने राज्य् मंत्री के रूप में शपथ ली शपथ ग्रहण समारोह में बिम्सुटेक देशों के राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष विदेशी राजदूत राज्यपाल मुख्यमंत्री विपक्षी नेता प्रमुख उद्योगपति फिल्मी सितारे और खिलाड़ी उपस्थित थे विपक्ष की ओर से यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मुलायम सिंह यादव मौजूद थे

शपथ ग्रहण के बाद श्री मोदी ने ट्वीटर पर कहा कि मंत्रिपरिषद में ऐसे सांसद शामिल हैं जिन्हें जनता ने चुना है तथा ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अपने जीवन में विशिष्ट पेशेवर दक्षता हासिल की है प्रधानमंत्री ने कहा कि वे सब मिलकर भारत की प्रगति के लिए काम करेंगे

मुरैना से चुनाव जीते नरेंद्र सिंह तोमर और राज्यसभा सदस्य थावरचंद गहलोत ने कैबिनेट मंत्री की शपथ ली है वहीं दमोह से सांसद प्रहलाद पटेल को राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार और मंडला से सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते को राज्यमंत्री की शपथ दिलाई गई है इसके अलावा प्रदेश से राज्यसभा सांसद धर्मेद्र प्रधान को भी मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिली है धर्मेंद्र प्रधान उड़ीसा के निवासी हैं और राज्यसभा में मध्यप्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं मुरैना से हमारे संवाददाता ने बताया है कि केन्द्र सरकार में पहली बार मुरैना को प्रतिनिधित्व मिलने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया वहीं नरसिंहपुर जिले से जुड़े दो सांसदों को मोदी सरकार में मंत्री बनाए जाने से भाजपा कार्यकर्ताओं सहित क्षेत्र के लोगों में खासा उत्साह दिखा नरसिंहपुर दमोह सांसद प्रहलाद पटेल का गृह जिला है तो वहीं मंडला सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते का यहां की गोटेगांव विधानसभा संसदीय क्षेत्र है मुख्यमंत्री बधाई मुख्यमंत्री कमलनाथ ने नरेन्द्र मोदी को भारत के प्रधानमंत्री पद का दायित्व संभालने पर अपनी और प्रदेश की जनता की ओर से बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया है कि देश के शीर्ष पद का दायित्व संभालने के बाद मध्यप्रदेश के हिर्तो का पूरा संरक्षण होगा उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार की विकास योजनाओं का लाभ नागरिकों तक पहुँचाने में मध्यप्रदेश सरकार पूरा सहयोग देगी श्री नाथ ने केन्द्रीय मंत्रिमंडल में प्रदेश से नरेन्द्र सिंह तोमर थावरचंद गहलोत फग्गन सिंह कुलस्ते और प्रहलाद पटेल को शामिल किये जाने पर उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएँ दी हैं

इसके जरिये युवा वर्ग को यातायात संबंधी नियम कायदे और सड़क सुरक्षा के उपायों के बारे में जागरूक किया जायेगा विशेष पुलिस महानिदेशक पुरुषोत्तम शर्मा की अध्यक्षता में कल भोपाल में हुई सड़क सुरक्षा संबंधी बैठक में यह जानकारी दी गई

बैठक में डीआईजी धर्मेन्द्र चौधरी सहित राज्य सड़क सुरक्षा क्रियान्वयन समिति के नोडल अधिकारी उपस्थित थे

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग के संचालक कृष्णगोपाल तिवारी ने सभी कलेक्टरों मुख्य कार्यपालन अधिकारियों और विभागीय अधिकारियों को इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये हैं विश्व तम्बाकू निषेध दिवस पर स्थानीय स्तर पर विद्यालयों महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों नगरपालिका नगर निगम जिला पंचायतों जनपद पंचायतों ग्राम पंचायतों स्वैच्छिक संस्थाओं में नशा मुक्ति के लिये जन जागृति कार्यक्रम किये जायेंगे खंडवा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर आज शहर में जनजाग्रति रैली निकाली जायेगी और स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जायेगा वहीं नरसिंहपुर में विद्यार्थी मादक पदार्थो की बढ़ती रोकथाम और इसके दुष्परिणामों के बारे मं लोगों को जानकारी देंगे गुना में भी इस अवसर पर जिला चिकित्सालय परिसर में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है भिंड मुरैना ग्वालियर इन्दौर धार अशोनकर सीहोर और आगरमालवा सहित विभिन्न जिलों से जागरूकता कार्यक्रम आयोजन की तैयारियों के समाचार मिले हैं किकेट लंदन के ओवल में विश्व कप क्रिकेट के उद्घाटन मैच में कल इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को एक सौ चार रन से हरा दिया

उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया आज ट्र्नामेंट का दूसरा मैच पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के बीच नाटिंघम में खेला जाएगा